पटना में सोलह समेत राज्यभर में तैंतालीस लोगों की कोरोना से मौत

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

पिछले चौबीस घंटों में रिकॉर्ड चार हजार एक सौ सतावन नये मामलों की पुष्टि हुई यह एक दिन में अब तक मिले पॉजिटिव मामलों की सबसे अधिक संख्या है पटना से सबसे अधिक एक हजार दो सौ पांच मामले सामने आये हैं भागलपुर से तीन सौ छियालीस गया से दो सौ पचास मुजफ्फरपुर से दो सौ अठारह जहानाबाद से एक सौ पचहत्तर सारण से एक सौ इकहत्तर और सहरसा से एक सौ ग्यारह पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है इसी अवधि में तैंतालीस मरीजों की मौत हुई है सबसे अधिक पटना में सोलह लोगों की मौत की खबर है जबकि अन्य जिलों में सत्ताईस कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है एक दिन में एक हजार सैंतालीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी राज्य में स्वस्थ होने की दर बानवे दशमलव पांच प्रतिशत है वर्तमान में बीस हजार एक सौ अड़तालीस मरीजों का उपचार चल रहा है जिसमें सबसे अधिक सात हजार पांच सौ सतावन मामले पटना से हैं प्रदेश में कल निन्यानवे हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गयी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं उनके स्थान पर डॉक्टर नवीन कुमार को प्रभार सौंपा गया है वैशाली के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर ललन क्मार राय की कोरोना से मौत हो गयी उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था नवादा के सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश मोहन कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं बिहार विधान मंडल के उनतीस अधिकारी और कर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं वहीं विधान परिषद के दो कर्मियों की पिछले दो दिनों में संक्रमण से मौत हुई है जिसे देखते हुये परिषद कार्यालय को अठारह अप्रैल तक बंद कर दिया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है बाईट कोविड ऐप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना हर समय करना दो गज की दूरी बना कर रखना हाथों को साबुन से सैनेटाइजर की मदद से साफ रखना और भीड़ मडक्के के स्थानों पर जाने को अवॉइड करना ऐसे फंक्शन्स को ऐवॉइड करना इस नाते आप सब से मेरी विनम्न अपील है अपनी रक्षा के लिये अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये समाज के और देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कृपया कोविड ऐप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने में जरा भी चूक ना करें केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था की गति ठप्प करना नहीं चाहती है उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर से स्थानीय स्तर पर पृथकवास और क्वारंटीन से निपटा जायेगा उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कोविड उन्नीस महामारी से उत्पन्न स्थिति के बारे में राज्यपालों और उपराज्यपालों से वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये बातचीत करेंगे

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया कि वे वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से पैंतालीस हजार आठ सौ छिहत्तर लोगों को टीके की पहली डोज जबकि दस हजार छह सौ ग्यारह लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गयी है राज्य में अब तक तिरपन लाख तेईस हजार नौ सौ तीस लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इधर देश में अब तक ग्यारह करोड़ दस लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं गौरतलब है कि देशभर में ग्यारह अप्रैल ज्योतिबा फुले की जयंती के दिन से टीका उत्सव की शुरूआत हुई थी चार दिनों के इस उत्सव का आज समापन होगा हालांकि टीकाकरण का काम पूर्व की तरह जारी रहेगा राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना गाईडलाईन का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मास्क और साबुन के वितरण का भी निर्देश दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं की जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की होगी कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों की पंचायत वार मैपिंग करावाई जायेगी श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि इससे श्रमिकों के हुनर का पता चलेगा और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी इधर विभाग ने श्रमिकों की मदद के लिए टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह एक तीन आठ जारी किया है देश आज प्रमुख संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी एक सौ तीसवीं जयंती पर श्रद्धास्मन अर्पित कर रहा है न्यायवादी अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर आम्बेडकर ने समाज के वंचित वर्गों के प्रति सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के लिए जीवन भर अथक प्रयास किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी है उन्होंने लोगों से अपने जीवन में बाबा साहेब के आदर्शों को उतारकर एक सुद्रढ़ और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुये कहा है कि समाज के वंचित वर्गो को मुख्य धारा में लाने के लिए किये गये उनके प्रयास हर पीढ़ी के लिए मिसाल हैं राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हुये उनके बताये रास्ते पर लोगों से चलने का आह्वान किया है रमजान का पावन महीना शुरू हो गया है आज पहला रोजा है इस पूरे महीने मुस्लिम धर्मावलंबी रोजा नमाज तरावीह और कुरान की तिलावत की पाबंदी करेंगे रहमत और बरकतों के इस महीने के खत्म होने पर ईद उल फितर का त्योहार मनाया जायेगा कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर विभिन्न मुस्लिम धर्म गु्रु विद्वान और इस्लामिक संगठनों ने लोगों से रमजान के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन करते हुए घर में ही नमाज और अन्य इबादतें करने की अपील की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पवित्र रमजान महीने के अवसर पर मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामना दी है पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने मुंगेर के पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो का तबादला कर दिया है उनकी जगह पटना के रेल एसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी मुंगेर के नये पुलिस अधीक्षक बनाये गये हैं मानवजीत सिंह ढिल्लो को समस्तीपुर का एसपी बनाया गया है वहीं समस्तीपुर के एसपी विकास बर्मन पटना के नये रेल एसपी होंगे पंचायत चुनाव के लिए मल्टीपोस्ट ईवीएम की खरीद के मामले को लेकर आज भारत के निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की नई दिल्ली में बैठक होगी राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि इससे पूर्व भी दोनों आयोगों के अधिकारियों की दो बार बैठक हो चुकी है बिहार में चकबंदी का काम आईआईटी रूड़की को सौंपा जायेगा राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने बताया कि इस संबंध में कैबिनेट को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जायेगा उन्होंने बताया कि चकबंदी के लिए चक बिहार नाम से सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है श्री कुमार ने बताया कि चकबंदी का काम चार साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है मौसम विभाग ने कल से तीन दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आंधी और बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार पूरबा हवा के प्रभाव से बारिश की स्थितियां बन रही है गुजरात के मोरबी में एक कारखाने में ब्यॉलर के फट जाने से कटिहार के नक्कीपुर गांव के चार मजदूरों की मौत हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये कटिहार के जिलाधिकारी उदयन मिश्र ने बताया कि सभी मृतकों का शव लाने के प्रयास किये जा रहे हैं मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में दो बच्चों में चमकी बुखार एईएस की पुष्टि हुई है जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि एक बच्चा जिले के पारू का है जबकि एक अन्य पूर्वी चम्पारण जिले के राजेपुर का है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने लिखा है बिहार में बढ़ी संक्रमण दर अब बाईस सैम्पलों की जांच में एक पॉजिटिव हिन्दुस्तान ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है बिहार में पहली बार आंकड़ा इकतालीस सौ के पार दैनिक जागरण की सुर्खी है द्र्निया के सभी टीकों के लिए खुले दरवाजे कोरोना वैक्सीन की नहीं होगी कमी दैनिक भास्कर ने मूडीज के हवाले से लिखा है कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद दो हजार इक्कीस में बारह प्रतिशत ग्रोथ देखेगा भारत आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने आज से रोजा शुरू होने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

पटना में सोलह समेत राज्यभर में तैंतालीस लोगों की कोरोना से मौत